मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने एमपीपीएससी परीक्षा में पूछे गये विवादित प्रश्न के मामले में जिम्मेदारों को नाटिस जारी किये कुपोषण से मुक्ति के लिए इन्दौर जिले में शुरू किया जायेगा विशेष अभियान प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मुंबई में पहला वनडे आज

गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित शास्त्रार्थ सभा में व्याकरण शास्त्र साहित्य शास्त्र न्याय शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हई इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टण्डन ने इस आयोजन के वैचारिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डाला उन्होंने शास्त्रार्थ परंपरा को भारतीय संस्कृति का विलक्षण तत्व बताया पीएससी परीक्षा मध्यप्रदेष लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर चौबे ने कल एक पत्रकार वार्ता में प्रदेषभर में आयोजित की गई पीएससी परीक्षा में भील समाज पर पूछे गए एक विवादित प्रष्न पर अपना स्पष्टीकरण दिया उन्होंने कहा कि आयोग की अपनी सीमाएं हैं नियमों के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी इस मामले में पेपर सेट करने वाले और मॉडरेटर दोनों को नोटिस जारी किया गया है प्रश्नपत्र में आए गलत सवालों के संबंध में श्री चौबे ने कहा कि आयोग की समिति द्वारा जांच की जाएगी गौरतलब है कि आदिवासी सीट पंधाना से भाजपा विधायक राम दांगोरे सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने परीक्षा में आदिवासी समाज की भील जनजाति को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई थी

कार्यकम में प्रधानमंत्री परीक्षा के दबाव या तनाव से दूर रहने सबंधी विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देने के साथ ही चुनिन्दा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगें अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के कोतमा की आशी जैन का चयन भी इस कार्यक्रम के लिए हुआ है

कुपोषण इंदौर जिले को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करने के लिये जिला प्रषासन विशेष अभियान चलाएगा इस अभियान के तहत कुपोषित लोगों की जीवन अवस्थाओं तक पहुंच के माध्यम से कुपोषण मुक्ति के प्रयास किए जाएंगे जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग स्वास्थ्य शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग एक समन्वित योजना पर काम करेंगे कल आयोजित कार्यषाला में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा मीणा ने बताया कि समन्वित कार्ययोजना के तहत जीवन की हर अवस्था जैसे जन्म बाल्य अवस्था किशोरी अवस्था महिला के गर्भकाल प्रसव और उसके बाद की अवस्था को ध्यान में रखते हुए कृपोषण मुक्ति के उपाय किये जाएंगे जेएनयू मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्रों को निरंतर आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है उनकी फीस वृद्वि जैसे मुख्य मामले सुलझा लिए गए हैं कई बार की बातचीत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि छात्रों के सेवा और उपयोग शुल्क देने को नहीं कहा जा रहा है यह छात्रों की मुख्य मांग थी शीतकालीन सेमेस्टर के लिए पांच हजार से अधिक छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है मंत्रालय ने विश्वविद्यालय में बातचीत के माध्यम से शैक्षणिक माहौल बहाल करने और विवादास्पद मुद्दों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा और छात्रों से आंदोलन वापस लेने के लिए अपील की जानी चाहिए

इस दौरान थल सेना के सैन्य शस्त्रों और उपकरणों टैंक गन्स बीएमपी व्हीकल एम्बुलेंस माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट रॉकेट लॉन्चर एटीजीएम लॉन्चर का भी प्रदर्षन किया जाएगा

मकर संक्रांति मकर संक्रांति का पर्व आज प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है वैदिक हिंदू दर्शन के अनुसार मकर संक्रांति सूर्य का त्यौहार है जो सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने के अवसर पर मनाया जाता है मकर संस्कृत का शब्द है जो एक राशि का नाम है और संक्रांति का मतलब है परिवर्तन यह त्यौहार अच्छी फंसल खूशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार के तौर पर भी मनाया जाता है इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है नरसिंहपुर् से हमारे संवाददाता ने बताया है मकर संकांति पर लगने वाला बरमान मेला कल से शुरू हो गया है विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने इसका शुभारंभ किया उधर आगरमालवा जिले में भी आज यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है खंडवा होशंगाबाद मंडला झाबुआ सहित सभी जिलों में श्रद्वालु नदियों में स्नान कर रहे हैं प्रदेश में कल भी कई जगहों पर यह पर्व मनाया जायेगा चाइना धागे प्रतिबंध पतंग के लिए उपयोग आने वाले चाइना धागे से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रषासन ने इंदौर जिले में चाइना धागे का पतंगबाजी के लिये उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया है

किकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज मुम्बई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा मैच दिन में डेढ बजे शुरू होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन में एक बजे से प्रसारित किया जाएगा

खेलो इंडिया गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया युवा खेलों में पदक तालिका में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है जबकि हरियाणा दूसरे नंबर पर है

दिल्ली और गुजरात तीसरे और चौथे स्थान पर बने हुए हैं

उनकी अध्यक्षता में पढ़ाडगढ़ विकास खण्ड के श्राम पंचायत कन्हार में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा